प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी पहंचे श्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले काषी जगत गुरु विष्व अराध्या गुरुकल के षताब्दी समारोह संबोधित करते हुए कहा कि देष के बड़े अभियानों की सफलता के लिए जन भागीदारी जरूरी है श्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है वाराणसी में आज जंगम बाड़ी मठ में श्री जगदगुरू विश्वारराध्या गुरूकल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यदमंत्री बी एस येदियुरप्पा भी उपस्थित थे

देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याीय की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है

श्री मोदी वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् आज आइआइएम रांची के छात्रों को संबोधित करेंगे आर्यभट्ट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भारतीय संदर्भ में नेतृत्व और सुषासन विषय पर व्याख्यान देंगे कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सहित आइआइएम रांची के निदेषक प्रो शैलेन्द्र सिंह मौजूद रहेंगे उपराष्ट्रपति कल जमषेदपुर का दौरा करेंगे श्री नायडू जमषेदपुर में टाटा कंपनी की स्थापना के एक सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे उनके आगमन को लेकर आज और कल राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है चीन में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से एक हजार छह सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है

एशिया से बाहर कल फ्रांस में एक व्यक्ति के इस महामारी से मौत की खबर से वैश्विक स्तर पेर चिंता बढ़ गई है

पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में बाघिन की मौत हो गयी हमारे पलामू संवाददाता ने खबर दी है कि बाधिन की मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों का दल मौके पर पहुंच गया है और मौत के कारणों को लेकर छानबीन की जा रही है वहीं बेतला नेषनल पार्क में आम लोगों के प्रवेष पर रोक लगा दी सरायकेला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने हवाई सर्वेक्षण कर जानकारी ली इस अभियान में पुलिस अपर महानिदेषक मुरारी लाल मीणा महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह उप महानिरीक्षक रांची अमोल वेनोटकर उप महानिरीक्षक कोल्हान क्लदीप द्विवेदी प्रलिस अधीक्षक सरायकेला कार्तिक एस शामिल थे इस संबंध में जानकारी देते हुए कोल्हान के डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि इस सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान इन क्षेत्रो में विकास और नक्सली गतिविधियों को दूर करने से संबंधित रणनीति बनायी गयी है लोहरदगा जिला मे आकस्मिक खाधान्न कोष का गठन किया गया है

समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में आलमगीर आलम और अमिताभ चौधरी मौजूद थे और अब संक्षिप्त खबरें आज नामक्म पावर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक छब्बीस फरवरी को होगी इस संबंध में पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा है